किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केन्द्र और किसान संगठनों के बीच आज होगी बातचीत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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रकिया को सुगम बनाना है उन्होंने कहा कि देश में दो वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद इनका जल्द ही उपयोग किया जाएगा

इनमें कांवटिया अस्पताल वाटिका जगतपुरा और जामडोली सीएचसी सीकर रोड स्थित सीकेएस हॉस्पिटल तथा जयपुरिया अस्पताल शामिल है स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में पहले चरण के टीकाकरण के लिये तीन हजार टीकाकरण स्थलों का चयन किया जा चुका है और प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है गौरतलब है कि कल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से साथ पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की थी

दो जिलों चूरू और जैसलमेर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

इधर जयपुर में यूके से लौटी एक युवती में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है इसे देखते हुए प्रशासन आवश्यक एतिहात बरत रहा है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

आज का प्रश्न है उपलब्ध कई वैक्सीन में र्से प्रशासन के लिए एक या एक से अधिक वैक्सीन कैसे चुने इसका जवाब है लाइसेंस देने से पहले ड्रग नियामक द्वारा वैक्सीन उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षणों से सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा की जांच की जाती है इसलिए सभी लाइसेंस प्राप्त कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावकारी होंगी

राज्यों को बर्ड फ़्लू को देखते हुए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है मृत पक्षियों के सुरक्षित निस्तारण को सुनिश्चित करने तथा पीपीई किट्स का पर्याप्त भंडारण करने को कहा गया है कल दिल्ली में केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी सचिव ने राज्यों के साथ एक बैठक में यह निर्देश दिए मुर्गीपालकों को बर्ड फ्लू के प्रति जागरूक करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्यों से कहा गया है इधर राज्य के छह जिलों में कल बर्ड फ्लू से तीन सौ अधिक पक्षियों के मरने की पुष्टि हुई है

कल कुछ जगहों पर छट पूट रूप से कार्य बहिष्कार किया गया परन्तु समझौते के बाद अधिकांश मानदेयकर्मियों ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थिति दी और वे आंदोलन से दूर रही समेकित बाल विकास सेवाएं की निदेशक डॉ प्रतिभा सिंह ने बताया कि पूर्व में हुई परस्पर सहमति के अनुरूप कार्यवाही की जा चुकी है आशा सहयोगिनीओं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होने वाले इंसेंटिव में तर्कसंगत वद्वि के लिए मुख्यमत्री की ओर से केन्द्र को पत्र भेजा जा चुका है

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने चार जनवरी को हई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन तीन कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करें लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रदद करने पर अड़े रहे